केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में हैपेटाइटिस बी और सी के लिए निःशुल्क दवाएं देने और जांच का प्रावधान किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये जा रहे इस कार्यक्रम से पांच करोड़ मरीजों को फायदा होगा

इस कार्यक्रम के तहत वायरल हैपेटाइटिस की निगरानी जागरूकता टीकाकरण सुई से फैलने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने हैपेटाइटिस जांच और अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा

केंद्र सरकार इस पेंशन की पांच साल में एक बार समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाए पेंशन की स्वतः वार्षिक वृद्धि किए जाने की याचिकाओं को रद्द करने की मांग की है

सरकार के इस कदम से मिलों में अतिरिक्त समय में गन्ने के रस से एथनॉल बनाने में मदद मिलेगी अब तक मिलों को गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद बची खांड से ही एथॅनाल बनाने की अनुमति थी

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप संसदीय सचिव डॉ विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया श्रीमती राजे ने देशनोक पहुंचकर करणीमाता के मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री आज ही हनुमानगढ़ जिले के नोहर में भी जनसंवाद करेंगी श्रीमती राजे हनुमानगढ में अलग अलग चरणों में चार जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर दस सदस्यों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करेगा

इस दौरान वे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे आज दोपहर सबसे पहले वे रेनवाल पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की इसके बाद आज ही प्रसारण मंत्री जयपुर के फुलेरा में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे

राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान तथा रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता में प्रमुख चार मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी समझौते के बाद परिवहन मंत्री ने मीडिया को बताया कि निगम कर्मचारियों की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान सातवें वेतनमान के अनुरुप वेतन और पेंशन भत्ते तथा रिक्त पदों को भरने सहित प्रमुख मांगों पर समझौता हुआ हैं

राज्य के कई इलाकों में कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

अब तक हुई वर्षा के अनुसार राजस्थान अधिक वर्षा वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है मौसम विभाग ने राज्य के भरतपुर बीकानेर और सीकर जिलों को असामान्य वर्षा वाले जिले घोषित किया है

पौधों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं